कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न करवाने के लिए पुलिस पहली बार ड्रोन कैमरों का प्रयोग करेगी

सदी का सबसे लंबी अवधि का चन्द्र ग्रहण आज रात लगेगा ग्राम सडक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के लिए डीग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं

श्री सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए भूमि संबंधी लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाय

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सड़कों के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि में सिविल या अन्य उच्च गुणवत्ता वाली जमीन का चयन न किया जाए कांवड़ यात्रा राज्य में कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पुलिस पहली बार ड्रोन कैमरों का प्रयोग करेगी ऋषिकेश में पत्रकारों से बातचीत में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कमार ने कहा कि कांवड़ मेले के लिए हरिद्वार देहरादून टिहरी और पौड़ी में नियमित पुलिस के साथ ही सात हजार अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि मेले की निगरानी के लिए सभी संवेदनशील स्थानों पर क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाये गए हैं समीक्षा अल्मोडा जिला प्रशासन कोसी नदी को प्नर्जीवित करने के लिए एक तकनीकी कमेटी के गठन पर विचार कर रहा है कुमाऊं आयुक्त राजीव रौतेला ने कोसी पुनर्जनन अभियान की समीक्षा के दौरान ये बात कही

पूर्व में नदी क्षेत्र में किए गए वुहद वुक्षारोपण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री रौतेला ने कहा कि भविष्य में भी आम जनसहभागिता से नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जाएगे इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक कपिल जोशी ने कहा कि नदी क्षेत्र में जिन स्थानों पर वृक्षारोपण हुआ है उसकी सैटेलाईट से फोटो ली जाएगी पीएमजीएसवाई देश के दूर दराज क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ सीमांत जनपद चमोली को भी मिल रहा है इस योजना के तहत जिले के कई गांवो तक सड़क पहंचने ग्रामीणों में खुशी की लहर है

पैदल दूरी तय करने में सबसे अधिक परेशानी बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को होती थी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव तक सड़क बन जाने के बाद लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं जिस पर ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त की है आदमखोर तेंद्आ राजाजी टाइगर रिज़र्व की मोतीचूर रेंज में आदमखोर तेंदुए ने एक व्यक्ति को मार ड़ाला मृतक का शव कल रात जंगल से बरामद किया गया इस हादसे की जानकारी तब मिली जब वन कार्मिक जंगल में नियमित गश्त कर रहे थे

गौरतलब है कि इस महीने की ग्यारह तारीख को इसी क्षेत्र में एक आदमखोर मादा तेंदुए को मार दिया गया था देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान ने भी मारे गये तेंदुए के आदमखोर होने की प्ष्टि की थी

इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

बारिश के चलते राज्य की मुख्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है वहीं बारिश के कारण विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन होने के कारण मार्ग भी बाधित हुए जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले दो दिनों से यातायात के लिए बाधित है जिसे खोलने के लिए युद्वस्तर पर प्रयास जारी हैं यमुनोत्री जाने वाले श्रद्वालु धाम दर्शन के लिए त्रिखली कुलशाला सयानाचट्टी से आवाजाही कर रहे हैं

भारी बारिश की संभावना को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन करने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है साथ ही मौसम विभाग ने पहाड़ी अंचलों में आवाजाही करने वाले लोगों को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क बनाए रखने को भी कहा है चंद्रग्रहण आज पूर्ण चन्द्रग्रहण होगा और यह इस शताब्दी का सबसे लंबी अवधि का ग्रहण होगा

चन्द्रग्रहण अफ्रीका मध्य एशिया दक्षिण अमरीका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा चन्द्रमा की सतह पर छाया पड़ने से यह लाल रंग का नजर आएगा पृथ्वी की जलवाय् में प्रकाश के प्रभाव से ऐसा होगा इसीलिए ग्रहण के समय देखे जाने वाले चन्द्रमा को ब्लड मून कहा जा रहा है वहीं राज्य में चंद्रग्रहण को लेकर मंदिरों में सुबह से ही पूजा चल रही थी लेकिंन दोपहर के बाद मंदिरों और धार्मिक स्थलों के कपाट बंद कर दिये गये

कल सुबह से नियत समय पर श्रद्धलु बाबा केदार के दर्शन करेंगे चन्द्रग्रहण पर मुख्य मंदिरों के कपाट बेंद कर दिये जाते हैं केदारनाथ मंदिर के कपाट कल सुबह पांच बजे खुलेंगे अभियान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्दे य से उत्तरका ी जिला प्र ासन इन दिनों जिले में वाहन चैकिंग अभियान चला रहा है

जिलाधिकारी आ ीष चौहान का कहना है कि बरसात के मौसम में सड़के खराब होने की वजह से द्वपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचने की अधिक संभावना रहती है उन्होंने जिले में दुपहिया वाहन चलाते समय हैलमेट का इस्तेमाल न करने वालों का चालान करने के निर्दे

उन्होने यह भी कहा है कि तीन बार बिना हैलमेट या लाइसेन्स के वाहन चलाते पकड़े जाने पर ड्राइविगं लाईसेन्स के निरस्तीकरण के साथ ही वाहन को सीज करने की कार्यवाही की जायेगी

इनके निर्माण के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव अपलोड करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए ये जानकारी दी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदे